लोगों को जागरूक करने के दिये निर्देश आईआईटी में प्रवेश के लिये तीन जूलाई को होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा

और ध्रप खिलने से प्रदेशभर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ा

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि इस अभियान से प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा पूर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच होगी तथा होने वाली समस्याओं का भी पता चलेगा इसके साथ ही कोविड टीकाकरण को लेकर बनाये गये को विन ऐप की बाधा रहित संचालन की भी जांच होगी इधर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि पटना में चार और अन्य जिलों में तीन तीन केन्द्रों पर टीकाकरण का ड्राई रन होगा इस कार्यक्रम में निर्धारित केंद्रों पर कर्मचारियों के अलावा लाभार्थियों के रूप में वैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समूह शामिल होंगे जिन्हे पहले चरण में टीका दिया जाना है पूर्वाभ्यास में प्रत्येक केंद्र पर पच्चीस लाभार्थियों की जांच होगी गौरतलब है कि दो जनवरी को पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन हुआ था केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिये तैयार रहने को कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि वैक्सीन की पहली खेप जल्द ही दी जायेगी बिहार सहित उन्नीस राज्यों में वैक्सीन कंपनियां सीधे टीकों की आपूर्ति करेगी शेष अन्य राज्यों को केन्द्र अपनी परिवहन व्यवस्था से वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आपातकालीन इस्तेमाल के लिये मंजूर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की देश के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति करने के लिये सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है साउंड बाईट दो वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि दो हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की समाज की समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवधर्न ने राज्यों को इसे लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने आम लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गई है एक दिन में चार सौ तेईस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख उनचास हजार नौ सौ तैंतालीस हो गई है वहीं इसी अवधि में तीन सौ सतहत्तर नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख पचपन हजार चार सौ चौहत्तर हो गया है एक दिन में ही चार लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ चौबीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार एक सौ छह है मूंगेर के असरगंज प्रखंड के ममई स्थित लाल बहादूर शास्त्री किसान उच्च विद्यालय में पच्चीस छात्रों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी दोबारा जांच की गई जिसमें सभी नेगेटिव पाये गये हैं सिविल सर्जन ने बताया कि मानवीय भूल के कारण जांच रिपोर्ट गलत हो गया था इधर गया जिले के खिजरसराय प्रखंड रिथित उच्च विद्यालय सरैया के प्राचार्य को कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद स्कूल बंद कर दिया गया है इधर रोहतास जिले के डिहरी में कोविड उन्नीस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले तीन निजी विद्यालयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है देशभर के तेईस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में प्रवेश के लिये आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड तीन जुलाई को आयोजित होगी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये घोषणा की उन्होंने बताया कि इस बार परीक्षार्थियों को कक्षा बारह में पचहत्तर प्रतिशत अंक पाने की शर्त में भी छूट दी गई है इस वर्ष यह परीक्षा आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान एनआईओएस से अठारह महीने के डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स को देशभर में मान्यता दी है इस डिग्री को प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी बिहार की तरह ही देश के किसी भी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये योग्य होंगे एनसीईटी के उप सचिव टी प्रीतम सिंह ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिये अब जीविका दीदियां पोशाक तैयार करेंगी पूर्णिया के दमगाड़ा में जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी भी अब जीविका दीदियां करेंगी साथ ही जल जीवन हरियाली मिशन के तहत तालाबों के रख रखाव की जिम्मेदारी भी जीविका समूह के पास होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई भी होगी और वे अस्पतालों में बेडशीट भी उपलब्ध करायेंगी श्री कुमार ने कहा कि सरकार जीविका समूह को हरसंभव सहायता उपलब्ध करायेगी ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने स्कूली पाठयक्रम में पर्यावरण को शामिल करने का सुझाव दिया है पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के ग्रीन वॉरियर्स के सम्मान समारोह को संबोधित करते हये श्री प्रसाद ने ये बात कही उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली मिशन की सफलता की कहानी पाठ्यक्रम में शामिल होने से छात्र पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे केन्द्र सरकार ने बिहार सहित सभी राज्यों को अनुपयोगी हो चुके कानूनों को खत्म करने या उनमें संशोधन करने को कहा है केन्द्र सरकार के विशेष सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हई बैठक में ये निर्देश दिये गये बिहार को कारोबार सुगमता और जीवन सुगमता के क्षेत्र में काम करने को कहा गया ताकि आम लोगों को असुविधाजनक कानूनों से छुटकारा मिल सके प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये रविवार को विशेष शिविर का आयोजन होगा पहली जनवरी दो हजार इक्कीस को अठारह वर्ष की आयु प्ररा करने वाले युवा सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे साथ ही कैंप में नाम हटाने और नाम तथा पता में संशोधन के लिये भी आवेदन लिये जायेंगे मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के पटेढ़ी चौर में लगभग सत्तर मुर्गियों की मौत हो गई है जिला पशुपालन अधिकारी ने बताया कि बर्ड फ्लू की जांच के लिये सैंपल एकत्र किये गये हैं साथ ही एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है जो आसपास के सभी पॉल्ट्री फार्म की मुर्गियों की जांच करेगी इधर पशुपालन निदेशालय ने मूर्गी सहित अन्य पक्षियों की मौत या बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर लोगों को इसकी सूचना टेलीफोन संख्या शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य नौ चार दो पर देने की अपील की है राजधानी पटना समेत प्रदेशभर के मौसम के रूख में तेजी से परिवर्तन हुआ है धूप खिलने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच से छह डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है पटना का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया इधर मौसम विभाग ने आज से रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा

मौके से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है पश्चिम चंपारण जिले के ठकराहा प्रखंड के मोतिपुर सरेह में दो मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये मुजफ्फरपुर जिले के मोति झील में अपराधियों ने एक मोबाईल दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस मामले की जांच कर रही है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है मुख्यमंत्री से मिले भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के आसार दैनिक जागरण की सुर्खी है देश के सात सौ छत्तीस जिलों में आज टीकाकरण का पूर्वाभ्यास दैनिक भास्कर लिखता है अठारह माह का डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षक बहाली में हो सकते हैं शामिल प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है राज्य में होंगे आईजी ट्रैफिक जिलों में क्राईम ब्रांच की टीम दैनिक आज ने लिखा है चालू वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में सात दशमलव सात प्रतिशत गिरावट का अनुमान राष्ट्रीय सहारा ने किसानों के आंदोलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है आज किसान संगठनों के साथ अगले दौर की वार्ता और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के सभी जिलों में आज हो रहा है कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास

लोगों को जागरूक करने के दिये निर्देश आईआईटी में प्रवेश के लिये तीन जुलाई को होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा

और धूप खिलने से प्रदेशभर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ा